पटना प्रमंडल में शौचालय निर्माण में लगभग चौदह करोड़ रुपये की अनियमितता की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है इस मामले में बड़े पैमाने पर मनी लॉड्रिंग का बात उजागर होने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने ईडी से जांच कराने की सिफारिश की थी यह मामला वर्ष दो हजार बारह से दो हजार पन्द्रह के दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित है जिसमें ईंजीनियरों पर शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों की बजाए सीधे गैर सरकारी संस्थाओं को देने का आरोप है अनियमितता के मामले में पीएचईडी के तीन अधिकारियों समेत चौरासी लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है

आक्रोशित भीड़ ने गोलीबारी कर भाग रहे एक अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया वहीं आरोपी को पुलिस सुरक्षा घेरे में लेने आये एक जवान को भी लोगों ने मकान के पहले तल्ले से नीचे फेंक दिया भीड़ को काबू करने गयी पुलिस पर भी पथराव किया गया जिसमें ग्यारह पुलिसकर्मी घायल हो गये समाचार संकलन के दौरान झड़प में चार पत्रकार भी घायल हुए हैं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरिका ने बताया कि स्थिति अभी तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है इस मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है कोसी और सीमांचल में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सहरसा सुपौल और मधेपुरा जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है सुपौल में कोसी और उसकी सहायक नदियों तिलयुगा सुरसर और गैड़ा में उफान के कारण तटवर्ती इलाकों से लोगों का पलायन श्रू हो गया है वहीं सुरसर नदी में पानी बढ़ जाने से छातापुर प्रखंड के कई गांवों में पानी फैल गया है कोसी के बढ़ते जलस्तर के कारण मधेपुरा जिले के आलमनगर प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है वहीं खगड़िया जिले के इतमादी पंचायत में जमींदारी बांध में भीषण कटाव हो रहा है इस इलाके में पड़ने वाला प्राथमिक विद्यालय कूंजहारा कटाव के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है बाढ़ की आशंका से स्थानीय लोग पलायन करने लगे हैं सहरसा के सलखुआ थाना क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है इधर दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि परमान बकरा नूना सौरा रतवा और कनकई नदियों के जलस्तर में वृद्धि से फारबिसगंज नरपतगंज सिकटी पलासी और जोकीहाट प्रखंडों के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है इधर जिले के सिकटी प्रखंड के दहगांव सिकटी पलासी मार्ग पर बने पूल का एप्रोच पथ बह जाने से आवागमन ठप हो गया है दूसरी तरफ फारबिसगंज के डोमरा बांध स्थित सड़क में परमान नदी के तेज बहाव से कटाव होने के कारण फारबिसगंज कुरसाकांटा मार्ग पर आवागमन बाधित है किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में एनडीआरएफ की सात टीमों को तैनात किया गया है मौसम विभाग के डॉप्लर राडार चेतावनी केन्द्र ने पटना वैशाली शेखप्रा नालंदा गया और जहानाबाद जिले में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है इस दौरान कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है इधर प्रदेश के अन्य हिस्सों में अगले बहत्तर घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान मध्रबनी के जयनगर में सबसे अधिक सोलह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी बांका में बारह गौनाहा में सात और कटोरिया में छह सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी है केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का डेढ़ गुणा बढ़ोतरी का स्वागत किया है आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत यह एक बड़ा फैसला है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सकेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि जो बैंक कल्याणकारी योजनाओं और कृषि संबंधी ऋण देने में अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं उनमें सरकारी राशि नहीं रखी जायेगी आज कटिहार में विभिन्न बैंकों के कामकाज की समीक्षा के बाद श्री मोदी ने कहा कि बैंकों को ऋण देने की वार्षिक योजनाओं के अनुरूप लक्ष्य हासिल करना जरूरी है रेलवे ने यात्रा के दौरान डिजिटल लॉकर में उपलब्ध आधार कार्ड और ड्राईविंग लाईसेंस को वैध पहचान पत्र के रूप में मान्यता दे दी है मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोगों द्वारा खुद अपलोड किये गये पहचान पत्र वैध नहीं होंगे प्रदेश के सभी प्रखंडों में नौ जुलाई को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद नियमित रूप से हरेक महीने की पंद्रह तारीख को केसीसी कैंप लगाकर किसानों को तत्काल ऋण दिया जायेगा शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के वेतन भूगतान में विलंब को देखते हुए पुरानी व्यवस्था को एकबार फिर लागू कर दिया है अब वेतन निकासी और वितरण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के माध्यम से होगा विभाग ने कहा है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों को समय पर भुगतान संभव होगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि खगड़िया से पूर्णियां तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस को फोर लेन में परिवर्तित किया जायेगा कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है उन्होंने कहा कि नारायणपुर पूर्णियां सड़क को भी फोर लेन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज उन्हें भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय पूर्व केन्द्रीय मंत्री और सांसद सी पी ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे जानीमानी शिक्षाविद् और पूर्व विधान पार्षद् पद्माशा झा का आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी कांग्रेस नेत्री पद्माशा झा के निधन पर शोक जताया है लोजपा सांसद चिराग पासवान ने आज जमुई रेलवे स्टेशन पर आठ करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया बेगूसराय जिले में समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत काम कर रही महिला पर्यवेक्षिकाओं को दो पहिया वाहन चलाने की परीक्षा देनी होगी जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि सेवा शर्तों के मुताबिक पर्यवेक्षिका को स्कूटी चलाने में दक्षता होनी चाहिए उन्होंने बताया कि जो महिला पर्यवेक्षिका इस जांच परीक्षा में पास नहीं करेंगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी सारण जिले के परसागढ़ में एक निजी स्कूल की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विद्यालय के प्राचार्य समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में अठारह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है समस्तीपुर जिले में दुधपुरा पुलिस लाईन के शस्त्रागार से चार हजार कारतूस गायब होने के मामले में प्रभारी राजेन्द्र गिरि समेत तीन प्रलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है

बेगूसराय जिले के जिला जज पे समय पर केस डायरी और पर्यवेक्षण रिपोर्ट नहीं सौंपने पर तेघड़ा के थाना अध्यक्ष के वेतन से पांच हजार रूपये कटौती का आदेश दिया है